राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश को एफसीए व एफआरए में एकमुश्त छूट देने का केन्द्र से किया आग्रह बस किराया बढ़ोतरी पर विपक्ष का सरकार पर प्रहार परिवहन मंत्री ने कहा किराया बढ़ोतरी पर अभी तक नहीं लिया गया है कोई फैसला

उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए

समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया

जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि बाबा कांशीराम का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा और उन्होंने गीतों व कविताओं के माध्यम से आजादी के लिए जन जागरण अभियान चलाया उन्होंने कहा कि बाबा कांशीराम ने अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में बिताया और आजादी भिलने तक काले कपड़े पहनने का व्रत लिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का स्मारक बनाने की घोषणा की थी जिसके लिए मकान व भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्म कर दी गई है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बाबा कांशीराम को स्वतंत्रता के लिए दिए योगदान के कारण वीर प्ररूष के रूप में याद किया जाता है उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनके पैतक गांव ग्रनवाड़ में भव्य स्मारक का निर्माण करेगी

सुरेश भारद्वाज कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के दौरान समाज सेवा और सुरक्षा का दायित्व निभाने में पुलिस विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाई है और इसमें यातायात पुलिस का भी सराहनीय कार्य रहा है ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कोरोना योद्वा सम्मान कार्यक्रम के तहत यातायात प्रलिस कर्मियों को सम्मानित करने के बाद कही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सफाई बैंक मींडिया और पुलिस कर्भियों के साथ साथ अन्य कोरोना योद्वाओं ने अपने घरों से निकल कर समाज हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया

किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों बागवानों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है इस योजना के तहत किसानों के खातों में दो दो हज़ार रूपए की राशि डाली गई जिससे किसानों ने बीज सब्जी की पनीरी और कृषि संबंधी अन्य सामान खरीदा किसानों की फसल अब तैयार होने को है और वे इसे लेकर काफी उत्साहित भी हैं

हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है

उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर मंत्रालय को जुरूरी निर्देश जारी करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि ग्रैविटी आधारित जलापूर्ति योजनाओं में जल भंडारण व संरक्षण संरचना के साथ पाईप लाइन बिछाने के कार्य गैर वानिकी गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं जिससे इन योजनाओं के निर्माण में समस्या आ रही है

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किराया वृद्धि को जन विरोधी फैसला करार दिया है उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार कोरोना संकट में भी अपने खजाने भरने में लगी है वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनवादी महिला सभिति की राज्य कमेटी ने राज्य सरकार से जनता पर आर्थिक बोझ लादने के इस फैसले को वापिस लेने की मांग की

परिवहन मंत्री गोविंद ठाकूर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बस किराए को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में अनौपचारिक चर्चो की गई लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस मुददे पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हुई परिस्थिति में समाज के अनेक वर्गो को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग किराया बढ़ाने के पक्ष में हैं लेकिन सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर ही बस किराए को लेकर कोई फैसला लेगी गोविंद इस बीच गोविंद ठाकर ने शिमला से वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग कल्लू वृत के कार्यों व उपलब्धियों के संबंध में आयोजित बैठक को भी संबोधित किया

रक्तदान शिविर ज़िला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में भाजपा युवा मोर्चा कसौली मंडल द्वारा गलवान घाटी में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज एक रक्तदान शिविर व पौधा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने युवाओं से आहवान किया कि वे अपनी असीमित ऊर्जा देश हित में प्रयोग करें और एक एक युवा को राष्ट्र का सजग प्रहरी बनाएं राजीव सैजल ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया रामस्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने किन्नौर क्षेत्र की अनदेखी के आरोपों का खंडन करते हुए इसे कांग्रेस का काल्पनिक आरोप करार दिया है

उन्होंने कहा कि वे जबसे सांसद बने हैं किन्नौर की हर पंचायत को विकास को लिए धनराशि आबंटित की गई है

विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज क्षेत्र के थुरल में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के बाद ये बात कही